प्रधानमंत्री मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के बीच अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोल दिया गया है लेकिन लोगों को अधिक सचेत और सतर्क रहने होगा आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिक विशेष रेलगाडियों और विशेष रेलगाडियों समेत कई सेवाएं बहाल कर दी गई हैं उद्योग भी सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं

श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई देशवासियों के अथक और सामूहिक प्रयासों की परिचायक है उन्होंने कहा कि किस प्रकार देशवासियों ने गंभीर चुनौतियों का सामना किया और कोरोना को उतनी तेजी से फैलने नहीं दिया जितनी तेजी से यह दुनिया के अन्य भागों में फैला प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की मृत्युदर भारत में बहुत कम है प्रधानमंत्री ने लोगों में सेवा की भावना की सराहना करते हुए इसे देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्म में ही जीवन का सुख और संतोष है और ये भारत की जीवन शैली है श्री मोदी ने कहा कि देश के सभी भागों से महिला स्वयं सहायता समूहों के शानदार कार्यों की भी सैंकड़ों गाथाएं सामने आ रही हैं महामारी के कारण लोगों के कष्टों और समस्याओं पर अपनी पीड़ा साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने समाज के सभी वर्गो को प्रभावित किया लेकिन सबसे बड़ी मार गरीब मजदूरों और कामगारों पर पड़ी है उन्होंने कहा कि केन्द्र राज्य तथा सभी स्थानीय निकाय उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं प्रधानमंत्री ने लाखों मजदूरों को ट्रेनों और बसों से सकृशल उनके घरों तक ले जाने में दिन रात लगे कर्मचारियों की सराहना की उन्होंने मजदूरों के लिए हर जिले में भोजन और क्वारंटीन की व्यवस्था कर रहे लोगों की भी प्रशंसा की प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा परिद्रश्य हम सब के लिए सबक के साथ साथ भविष्य की नीति तय करने का अवसर भी है उन्होंने कहा कि हमारे श्रमिकों की पीड़ा में हम देश के पूर्वी हिस्से की पीड़ा को देख सकते हैं श्री मोदी ने पूर्वी क्षेत्र के विकास पर जोर देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में देश के विकास को रफ्तार देने की क्षमता है प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र का विकास ही देश के संतुलित आर्थिक विकास की ओर ले जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम नये समाधान खोजें उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दिशा अनेक कदम उठाये हैं श्री मोदी ने बताया कि केन्द्र ने हाल ही में कुछ ऐसे निर्णय लिये है जिनसे ग्रामीण रोजगार स्व रोजगार और लघु उद्योगों के लिए नये अवसर खुले हैं उन्होंने आशा व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को इस दशक में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ से अधिक हो गई हैं उन्होंने न केवल आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को बल्कि इस योजना के अंतर्गत रोगियों का उपचार कर रहे डॉक्टरों और नर्सों को भी शुभकामनाएं दीं प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा समय में लोग योग पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं हरेक जगह लोग योग और आयुर्वेद के बारे में लोग अधिक से अधिक जानना चाहते हैं और इन्हें अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहते हैं

इस बीच एक समाचार एजेन्सी के अनुसार कोरोना पाजिटिव पाये गये लोगों में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग भी शामिल है कुमाऊ आयुक्त निरीक्षण कुमाऊ मण्डल के आयुक्त अरविन्द सिंह ह्यान्की ने आज रामनगर में कोरेन्टीन सेन्टरों का निरीक्षण किया और वहां साफ सफाई के साथ ही खान पान की व्यवस्था दुरूस्त रखने के निर्देश दिये उन्होंने सभी से सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ ही मास्क लगाने और सैनिटाईजेशन करने को कहा है

पूर्णबंदी का चौथा चरण आज समाप्त हो रहा है राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा निर्धारित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों में कल से पूर्णबंदी खोलने का पहला चरण शुरु होगा ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी

केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नागरिकों द्वारा अंतर राज्यीय और राज्य के अंदर सामान्य नागरिक परिचालन के लिए कल से कोई अलग अनुमति या परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी आठ जून से मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोलने की घोषणा भी कर दी गई है

स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान सहित शैक्षणिक संस्थान तीस जून तक बंद रहेंगे और उनके खुलने पर निर्णय सभी हितधारकों के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा मेट्रो रेल सिनेमा हॉल जिनमेजियम स्वीमिग पूल मनोरंजन पार्क थियेटर बार ऑडिटोरियम और धार्मिक सहित अन्य सभी बड़ी सभाएं देशभर में अग्रिम आदेश तक निषिद्व रहेंगे दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सलाह मशविरा करने के बाद स्कूल कॉलेज शैक्षिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर विचार किया जाएगा

ये दिशा निर्देश सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे जिसके तहत मास्क लगाना या चेहरा ढकना अनिवार्य होगा और सार्वजनिक स्थलों पर थ्रकना जुर्माने के साथ दण्डनीय अपराध होगा

सार्वजनिक स्थलों पर शराब पान गुटखा और तंबाकू के सेवन पर भी पाबंदी होगी जितना संभव हो घर से कार्य करने और कार्यालय और वेबसाइट प्रतिष्ठानों में काम की अवधि को बांटने के लिए कहा गया है इसके अलावा सभी प्रवेश और निकास द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी दफ्तरों में कर्मियों और कार्य अवधि के बीच पर्याप्त अंतर रखने का भी निर्देश दिया गया है लोगों से सार्वजनिक जगहों पर दो गज की दूरी का ख्याल रखने को भी कहा गया है नेपाली प्रवासी बागेश्वर जिला प्रशासन की मदद से नेपाली श्रमिको की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है

इंसीडेंट कमांडर ए के जॉन ने बताया कि कंमाड सेंटर के माध्यम से प्रतिदिन सैकड़ों नेपाली श्रमिकों को उनके वतन भेजा जा रहा है नेपाल रवाना होने से पहले सभी प्रवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण और सोशल डिस्टेशिंग के मानकों का पालन करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है

मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज बूंदा बांदी के साथ ही कहीं कहीं जोरदार बारिश होने से तापमान में कमी आयी है पौड़ी में आज जबरदस्त बारिश हुयी जबकि राजधानी देहरादून में दिन भर बादल छाये रहे और बूंदा बांदी हुयी उधर नैनीताल और अल्मोड़ा में भी हल्की बारिश होने की खबर है विश्व तम्बाकू निषेध दिवस विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज विधान भवन में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की